नये मंत्रिमंडल में सात ऐसे विधायक है जो पहले कभी मंत्री नहीं बने है लेकिन इस बार उन्हें सीधे ही कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है दस राज्य मंत्री भी पहली बार ही मंत्री बनने जा रहे है सबसे ज्यादा तीन तीन मंत्री जयपुर और भरतपुर से है एक मात्र महिला ममता भूपेश भी मंत्रिमंडल में शामिल है शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों में डॉ बी डी कल्ला शांति धारीवाल रघु शर्मा लाल चंद कटारिया प्रमोद जैन भाया परसादीलाल मीणा विश्वेन्द्र सिंह हरीश चौधरी मास्टर भंवर लाल रमेश मीणा उदयलाल आंजना प्रताप सिंह खाचरियावास और सालेह मोहम्मद शामिल है वहीं राज्यमंत्रियों में गोविन्द सिंह डोटासरा ममता भूपेश भंवर सिंह भाटी अर्जुन बामनिया सुखराम विश्नोई अशोक चादंना टीकाराम जूली भजन लाल जाटव राजेन्द्र सिंह यादव और सुभाष गर्ग शामिल है कांग्रेस के सहयोगी दल रालोद से जीतकर आये विधायक सुभाष गर्ग को पहली बार में ही मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है मंत्रिमंडल के विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है गौरतलब है कि मंत्रिमंडल के नाम तय होने के लिये जयपुर से दिल्ली तक चली लम्बी जदोजहद के बाद नाम तय हो पाये है

ये परियोजनाएं उच्च शिक्षा स्वास्थ्य सड़क और राजमार्ग निर्माण तथा संस्कृति से संबंधित हैं

प्रधानमंत्री का ललितगिरी में पुरातत्व संग्रहालय के उदघाटन का भी कार्यक्रम है

ऐसे निवेशकों के लिए सरकारी स्वर्ण बॉण्ड की कीमत तीन हजार उनहत्तर रुपए प्रति ग्राम होगी इन बॉण्डों की बिक्री बैंकों स्टॉक हॉल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चुने गए डाकघरों और एनएससी तथा बीएसई के जरिए की जाएगी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी

कल नई दिल्ली में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में वंशवाद जातिवाद और तुष्टिकरण की नीति के आधार पर राजनीति करने वालों की विदाई हो जायेगी

इससे पहले दोपहर को महापौर अशोक लाहोटी अपने पद से इस्तीफा देंगे इस दौरान जयपुर शहर के भाजपा के सभी विधायक पूर्व विधायक और पार्षद मौजूद रहेंगे इस्तीफा देने से पहले महापौर अशोक लाहोटी अपने कार्यकाल की उपलब्धियां मीडिया के समक्ष रखेंगे गौरतलब है कि अशोक लाहोटी विधानसभा च्नाव में सांगानेर सीट से विधायक चुने गये है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

श्री वाजपेयी की जयंती से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी स्मृति में सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे संसद भवन में एक कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा की मौजूदगी में श्री मोदी यह सिक्का जारी करेंगे

इस सिक्के के अग्रभाग पर बीच में अशोक स्तम्भ होगा जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा सिक्के के पीछे की तरफ श्री वाजपेयी का चित्र होगा

समिति ने राजस्व जुटाने के लिए स्मारकों को किराये पर देने की संभावना तलाशने को लेकर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की सलाह भी दी है

सीबीएसई ने अगले साल होने वाली बारहवीं और दसवीं की परीक्षाओं की तारीख कल घोषित कर दी

वन अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में आठ शावक काफी छोटे हैं और दूसरी जगह से बाघों को यहां लाने से शावकों पर खतरा बन सकता है

न्यूनतम तापमान में मामूली बढोतरी के बावजूद भी तेज सर्दी से राहत नहीं मिल रही है